प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने का शुभारंभ किया इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे आज आपको जो अधिकार मिला है मेरी बहुत बधाई है आपको ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है आपका घर आप ही का ही है आपके घर में आप ही रहेंगे आपके घर का क्या उपयोग करना है इसका निर्णय अब आप ही करेंगे ना सरकार उसको कोई दखल कर सकती है ना अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है श्री मोदी ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीणों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाए प्राप्त करने में आसानी होगी उन्होंने कहा कि इस पहल से सम्पत्तियों के अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी प्रधानमंत्री ने अपने मकानों के लिए संपत्ति कार्ड प्राप्त करने वाले लाखों लोगों को बधाई दी श्री मोदी ने कहा कि इस कदम से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है सम्पत्ति कार्ड की यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी श्री मोदी ने कहा कि गांवों के ऐसे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं अब वे सम्पत्ति कार्ड दिखा कर आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं आज जिन कोई लाम मिला है उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है आत्मसम्मान जग गया है आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए सर्वाधिक खुशी होती है आपका आनंद मेरे आनंद का कारण होता है आपके जीवन में भविष्य के सपने सजाने का जो अवसर पैदा हुआ है वह मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और इसलिए भाइयो बहनो जितने खुश हैं उससे ज्यादा खुश मैं हूं क्योंकि आज मेरे एक ताख परिवार आत्मविश्वास के साथ आत्म सम्मान के साथ अपनी संपत्ति के कागज के साथ दुनिया के सामने विश्वास से खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हरियाणा कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और उत्तराखंड के एक लाख लाभार्थियों को आज उनके मकानों के कानूनी कागजात दिये गये प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले तीन चार साल में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को सम्पदा कार्ड दिये जायेंगे श्री मोदी ने कहा कि आज देश के दो महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर इस तरह का बड़ा काम हो पाया है श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग किसानों को आत्मनिर्भर बनते नहीं देखना चाहते उन्हें कृषि क्षेत्र में सुधारों से दिक्कतें हैं उन्होंने कहा कि छोटे किसानों पश्पालकों और मछ्आरों को किसान क्रेडिट कार्ड देने से बिचौलियों को परेशानी हो रही है इससे उनकी अवैध कमाई पर रोक लग गई है स्वामित्व योजना के अन्तर्गत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हए इस योजना के तहत प्रदेश के सैंतीस जिलों के तीन सौ छियालीस गांवों के इकतालिस हजार चार सौ इकत्तीस सम्पत्ति कार्डो का वितरण जन प्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक सम्पत्ति कार्ड वितरित करने वाला राज्य है कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बाराबंकी जनपद के दो लाभार्थियों से संवाद भी किया और उनसे स्वामित्व योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए इसे एतिहासिक कदम बताया उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामवासियों को उनकी भूमि का स्वामित्व मिलेगा जिससे गांव का सर्वांगीण विकास होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घरौनी की योजना शुरू की है स्वामित्व की अभी तक किसी कृषि सुधारों में खेतों का स्वामित्व खतौनी के रूप में मिलता था लेकिन आबादी में जब गांव में कोई भी अपना भूखण्ड में मकान बनाकर रहता था उसका कोई स्वामित्व नहीं होता था इसके साथ ही गांव में विवाद होता था जिसके कारण उस स्वामित्व न होने के कारण उसको उस मकान पर कोई कर्ज नहीं मिल सकता था लेकिन आज यह देश के गांव के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि जब गांव के खेत के खतौनी के साथ अब जिस भूखंड पर उसका घर है उसको घरौनी का लाम मिलेगा जिसका प्रमाण पत्र होगा जिससे गांव का विवाद भी समाप्त होगा और उस प्रमाण पत्र से वह बैंक का लोन भी या सकता है और गांव का सर्वागीण विकास होगा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना और सम्पत्ति कार्ड वितरण से बहत खुश हैं लोगों ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आयेगा बलरामपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत घरोनी प्रमाण पत्रों का वितरण जिले के पांच ग्राम सभाओं से पच्चीस लोगों को किया गया प्रमाण पत्र मिलने के बाद बरौलिया निवासी राम क्मार ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने से अब बैंक से कर्ज ले सकेंगे आज जो हमें प्रघानमंत्री जी द्वारा स्वामित्व योजना के अन्तर्गत घरौनी प्रमाण पत्र मिला है उससे हम लोगों को बहुत ही खुरी की बात है क्योंकि अभी तक हम लोगों ये नहीं पता था कि हमारा गांव में घर तो है लेकिन कहां है और उसका न कोई कागज था आज जैसे हम लोगों को पता लगा कि हमारा भी घर है और हमारे घर का भी कार्ड कागज है जिससे हम लोग बहुत खुश हैं हमीरपुर जिले में स्वामित्व योजना के तहत सदर के नौ गांवों के भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया

उन्होंने कहा कि एकीकृत कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर पूर्ण क्षमता के साथ संचालित रहे और इनकी मॉनीटरिंग जिलाधिकारी एवं सीएमओ द्वारा की जाए

मूख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड से बचाव एवं सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने के निर्देश दिये

इस दौरान अट्ठाइस हजार से ज्यादा सक्रिय मामले कम हये हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हए बताया कि प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों में कोरोना के तीन हजार तीन सौ अड़तालीस नये मामले सामने आये हैं इस दौरान तीन हजार चार सौ सत्रह रोगी स्वस्थ हो गये हैं अब तक तीन लाख नब्बे हजार पांच सौ छाछठ रोगी पूर्णतया ठीक हो गये हैं श्री प्रसाद ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी दशमलव तीन सात प्रतिशत हो गयी है राज्य में कोरोना के चालीस हजार उन्नीस सक्रिय मामले हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि राज्यों में खरीफ विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है अब तक दो करोड़ तिरासी लाख से अधिक किसानों से बत्तीस लाख बारह हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत छह हजार पैंसठ करोड़ रुपए का भुगतान किया गया केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हाथरस घटना की जांच का मामला दर्ज कर लिया है सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस जांच के लिए एक दल गठित कर दिया गया है प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया है